आयकर विभाग राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार से जुड़ी पटना स्थित करोड़ों की बेनामी संपत्ति जब्त करेगा विभाग की प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने इसकी स्वीकृति दे दी है इसके अंतर्गत हवाई अड्डा क्षेत्र में बने एक आलिशान मकान के अलावा आवामी बैंक से जुड़े इकतालीस खाते जब्त होंगे इससे पूर्व ईडी भी लालू परिवार से जुड़ी दिल्ली से पटना तक की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के निदेशक डॉक्टर विशाल नाथ ने कहा है कि संदिग्ध दिमागी बुखार से होने वाली मौतों का कारण लीची नहीं है उन्होंने कहा कि यदि एईएस से होने वाली दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत का कारण लीची होती तो यह बीमारी देश के उन भागों में भी फैलती जहां लीची का उत्पादन होता है उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक लाख हेक्टेयर में लीची की खेती होती है जिसमें से मुजफ्फरपुर में मात्र आठ से दस हजार हेक्टेयर में लीची की खेती की जाती है उन्होंने कहा कि लीची यदि एईएस का कारण होती तो अन्य जगहों में भी यह बीमारी फैलती बीते चौबीस घंटों के दौरान इंसेफ्लाइटिस से सात और बच्चों की मौत होने से राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ इकहत्तर हो गयी है कल मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच केजरीवाल अस्पताल और मीनापुर में एईएस से पीड़ित सोलह नये बच्चे भर्ती कराये गये मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष के अनुसार इस बीमारी से पीड़ित पांच सौ नब्बे बच्चों का इलाज किया गया है जिसमे दो सौ अंठानवे स्वस्थ्य होकर घर गए हैं इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर ने औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाये गये चिकित्सक डॉ भीमसेन को निलंबित कर दिया है साथ ही कई अन्य चिकित्सकों और कर्मचारियों से स्पस्टीकरण मांगा गया है केंद्र सरकार ने देश के किसानों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर सात सौ तेरह कृषि विज्ञान केंद्र और छह सौ चौरासी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों का गठन किया है इसका उद्देश्य दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा करना है इसके लिए गठित अंतरमंत्रालय समिति ने कृषि कार्यों में बदलाव और आध्रनिकीकरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग की सिफारिश की है इनमें आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस बिग डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी शामिल है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी किसानों की मदद के लिए एक सौ से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किए हैं राज्य सरकार प्रदेश में आम की खेती को बढ़ावा देने के लिये किसानों को प्रति हेक्टेयर पचास प्रतिशत की दर से अधिकतम पचास हजार रूपये का अनुदान देगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने ये जानकारी देते हुये बताया कि इस साल राज्य के आठ सौ हेक्टेयर क्षेत्र में तीन लाख से ऊपर आम के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने कहा कि आम उत्पादक किसानों को अधिक लाभ दिलाने और रोजगार बढ़ाने के लिये पटना भागलपुर मधुबनी और दरभंगा में आम प्रोसेसिंग यूनिट लगायी जायेगी इसमें आम पल्प के साथ जूस और इससे जूड़े उत्पाद तैयार किये जायेंगे कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अड़तीस जिलों के लिये अलग अलग विशेष फलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है राज्य सरकार प्रदेश में जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये विधेयक लायेगी इसके माध्यम से भू जल की बर्बादी को रोकने के लिये कदम उठाये जायेंगे साथ ही पानी के सद्पयोग के लिये लोगों को जागरूक किया जायेगा पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष बिहार भूमिगत जल संरक्षण विधेयक का प्रस्तुतीकरण दिया गया इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी भवनों उच्च स्थलों विद्यालयों एवं सार्वजनिक संस्थानों की छतों पर वर्षा जल के संचयन की व्यवस्था शुरू की जायेगी प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा रिकार्ड की गई पश्चिमी चम्पारण और पूर्वी चम्पारण जिले के आस पास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है साथ ही लू से प्रभावित क्षेत्रों में भी स्थिति में पूरी तरह सुधार हुआ है वहीं कई शहरों के निचले इलाकों में जलजमाव के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा में सबसे अधिक तैंतालीस सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी है पटना गया नालंदा और नवादा में भी तेज बारिश हुई है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बारिश से लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अुनसार आज भी पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाये रहेंगे गरज के साथ कहीं हल्की तो कहीं अच्छी बारिश की संभावना है पटना नगर निगम ने बरसात के दौरान जल जमाव से निपटने के लिये एक उच्च स्तरीय टीम बनायी है यह टीम सभी अंचलों और प्रमंडलों के साथ समन्वय स्थापित कर जल जमाव से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिये त्वरित कदम उठायेगी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के शासी बोर्ड ने सवर्ण आरक्षण कोटे के तहत राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों समेत देश के दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेजों की एमबीबीएस के सीटों में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है इसके अंतर्गत राज्य के आठ मेडिकल कॉलेजों को बीस बीस अतिरिक्त सीटें स्वीकृत की गयी हैं प्रदेश में अब एमबीबीएस की नौ सौ नब्बे के बजाय ग्यारह सौ अस्सी सीटों पर दाखिला होगा पाटलिपुत्र लखनऊ समेत आठ जोड़ी ट्रेनों का परिचालन अब पच्चीस जून और दो जुलाई को भी जारी रहेगा गौरतलब है कि सोनपुर छपरा रेलखंड के दो स्थानों पर पारपथ बनाने के लिये इस रूट पर इन दो तिथियों को आठ जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया था रेल प्रशासन ने यह काम अब बरसात के बाद करने का निर्णय लिया है हाजीपुर पटना के बीच महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बना पीपा पुल अब पच्चीस जून को बंद किया जायेगा एनआईए ने मध्यप्रदेश में सेना के जबलपुर स्थित आयुध डिपो से अत्याधुनिक राइफल एके सैंतालीस की चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार के बारह ठिकानों पर छापेमारी में बरामद सामानों को पटना की विशेष अदालत में पेश किया एनआईए ने गुरुवार को वाराणसी भोजपुर बक्सर रोहतास और पटना स्थित संदिग्ध हुलास पांडेय और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर तलाशी ली थी मामला जबलपुर स्थित सेना के आयुध डिपो से एके सैंतालीस और अन्य हथियारों की चोरी और उन्हें उग्रवादी संगठनों को बेचने का है सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे तिहत्तर पर दो बसों की सीधी टक्कर में लगभग चौबीस यात्री घायल हो गए मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तरैया अस्पताल में भर्ती कराया जिसमें बारह यात्रियों को बेहतर चिकित्सा के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है जल संरक्षण पर विधेयक आयेगा दैनिक जागरण की सुर्खी है मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में मिली सत्रह अधजली लाशें व कंकाल प्रभात खबर लिखता है जल संकट से निपटने के लिये राज्य सरकार बनायेगी नीति अखबार की एक अन्य सुर्खी है पूरे बिहार में पहुंचा मॉनसून हुयी छह सौ तीस मिलीमीटर बारिश दैनिक भास्कर ने विश्वकप क्रिकेट के मैच को सुर्खी बनाते हुये लिखा है सबसे कमजोर टीम अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की सबसे छोटी विजय आज लिखता है एक लाख को नौकरी देने की तैयारी